निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को अब एक फरवरी को सुबह छह बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जायेगी दिल्ली की एक अदालत ने नये सिरे से डेथ वारंट जारी किया है इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी करार दिये गये मुकेश सिंह की दया याचिका आज खारिज कर दी नियमानुसार दया याचिका खारिज होने के चौदह दिनों बाद ही फांसी देने का प्रावधान है गौरतलब है कि इससे पहले चारों दोषियों मुकेश सिंह विनय शर्मा अक्षय कुमार सिंह और पवन ग्रप्ता को इस महीने की बाईस तारीख को तिहाड़ जेल में फांसी दिया जाना निर्धारित किया गया था इस बीच मुकेश सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी जिसे खारिज कर दिया गया आतंकी अथवा नक्सली हमलों तथा सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के परिवार को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से संबंधित योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब आधार नम्बर देना अनिवार्य होगा एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के शिकार सीमा पार गोलीबारी खदान और अन्य जगहों में आईईडी विस्फोटों के पीड़ितों के परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अब आधार नम्बर देना होगा प्रदेश में अगले वर्ष से भू लगान सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कहीं श्री मोदी ने अगले वित्त वर्ष से भू लगान पूरी तरह से ऑनलाइन जमा कराने और लगान की राशि क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से भी स्वीकार करने का निर्देश दिया इसके साथ ही उन्होंने भू अर्जन के प्रत्येक चरण की कार्रवाई और भूधारियों को किए जाने वाले भुगतान को कम्प्यूटराइज्ड करने तथा भविष्य में भूधारियों को होने वाले भू मुआवजा के भुगतान को सीएफएमएस प्रणाली से जोड़ने को भी कहा पूरे देश में छात्र शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे फरवरी दो हजार अठारह में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में महान् क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की सलाह की चर्चा की थी

बाकि सब भूल जाता हूं वर्तमान में जीने की आदत कन्संट्रेशन के लिए एक रास्ता खोल देती है परीक्षा पर चर्चा के बारे में छात्र ओम परमार ने बताया कि यह कार्यक्रम परीक्षा में तनाव को दूर करने में काफी मददगार है

ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि बच्चों को अपने एग्जाम्स को लेकर जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम होता है जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाता है समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर स्थित एक निजी फाईनेंस कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने दिन दहाड़े सत्रह लाख रूपये लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि चार अपराधियों ने कंपनी के कर्मचारियों को हथियार का भय दिखाकर इस घटना को अंजाम दिया इधर राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में चितकोहरा के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से ढ़ाई लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव में एक गैस एजेंसी में हथियार बंद अपराधियों ने पचपन हजार रुपये लूट लिये और विरोध करने पर कर्मचारियों को घायल कर दिया निगरानी जांच ब्यूरो ने पूर्वी चंपारण जिले में टिक्लिया ग्राम पंचायत के मुखिया कामेश्वर मुखिया को एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है उसे एक परिवादी की शिकायत पर विकास कार्यों के लिए सत्यापन करने के एवज में मोतिहारी सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास के पास से गिरफ्तार किया गया है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं लोग नमो एप ओपन फोरम या माई जीओवी फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक पर भी सीधे सुझाव भेजे जा सकेंगे पटना उच्च न्यायालय ने मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने ऑल इंडिया स्ट्रडेंट्स फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें शामिल होना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों के लिए भी जागरूक होने की जरूरत है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रंखला के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से साईकिल रैली सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आगामी उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से शामिल होने का आहवान किया है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय हो जाने के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज सुबह हल्की ब्रंदाबांदी हुई पश्चिम चंपारण जिले में बगहा बेतिया सहित कई स्थानों पर आज दिन भर बूंदाबांदी हुई जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है आज दस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं डिहरी का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव पांच पूर्णिया का बारह दशमलव पांच गया का तेरह और पटना का न्यूनतम तापमान पन्द्रह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने आज दावा किया कि वामपंथी दल पूरी एकजुटता के साथ इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे श्री राजा बेगूसराय में पार्टी के दो दिवसीय सांगठनिक सम्मेलन समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के कन्हैया टोला मोहल्ला में एक व्यक्ति ने परिवार के पांच सदस्यों की गला दबाकर हत्या कर दी हवेली खड़गपुर थाने के थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर विवाद के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व डीआईजी ब्रज बिहारी प्रसाद का आज पटना में निधन हो गया वे अस्सी वर्ष के थे उनके निधन पर पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अट्ठाईस पर एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चौबीस लोग घायल हो गये बस सिलीगुड़ी से मुजफ्फरपुर जा रही थी भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अठहत्तर अपराधियों को गिरफ्तार किया वहीं कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के सोनहन गांव से पुलिस ने दो लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया

वहीं कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किरोरा चौक के पास स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सहरसा जिले के अनुमंडल मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर बाजार में एक साईकिल स्टोर में आग लगने से पचास लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी